प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में राज्य में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या उनका यह तरीका सही था या गलत श्री मोदी आज लखनऊ स्थित लोक भवन में भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पच्चीस फिट ऊँची कांस्य प्रतिमा का अनावरण और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह करते हुए कहा कि शैक्षिक संस्थानों शिक्षकों और सुरक्षा बलों का सम्मान भी जरूरी है य्पी में जिस तरह लोगो ने विरोध प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा की सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहचाया वो अपने घर पे बैठक के खूद से सवाल प्रछें क्या उनका रास्ता सही था क्वा उनकी प्रवंत्ति योग्य थी क्या ये जो जलाया गया जो बर्बोद किया गया क्या उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था इस प्रदर्शन में हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए जो पुलिस वाले जख्मी हुए उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रति पल पल हम सोचें क्या बीतती होगी और इसलिए मैं आग्रह करूँगा की झती अफवाहों में आकर हिंसा करने वालोः को सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा की बेहतर सड़क बेहतर ट्रांसपोर्ट उत्तम सीवर लाइन नागरिकों को हक है तो उसको सुरक्षित रख न भी नागरिकों का दायित्व हैहक और दायित्व हमें साथ साथ याद रखना है उत्तम शिक्षा सुलभ शिक्षा हमारा हक है लेकिन शिक्षा के संस्थानों की सुरक्षा शिक्षकों का सम्म्मान हमारा दायित्व भी है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने दायित्वों को निभाते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि अटल जी को याद करते हुए हम लोगों को सुशासन का संकल्प लेना चाहिए यही उनकी सीख है और यही आम नागरिकों की सरकार से अपेक्षा भी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे विरासत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक च्रनौतियां मिली हैं लेकिन हम उन चुनौतियों को चुनौती दे रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य और न्यू इण्डिया की संकल्पना को साकार करने के लिए न सिर्फ हमे अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए बल्कि दायित्वों का निर्वहन भी जरूरी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए उनकी सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है हमारी सरकार के लिए सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे सुअवसर हर भारतीय को मिले सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र को सुनिश्चित करनी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये भारत को जल संकट की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार करना होगा आज नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों तथा परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है श्री मोदी ने कहा कि पानी का विषय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क दिल के बहुत नजदीक था उन्होंने कहा कि अटल जल याजना या जल जीवन मिशन से संबंधित दिशा निर्देश देश के प्रत्येंक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हिमांचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग का नाम अटल रखा गया है प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अटल टनल का जिक्र करते हुए कहा कि यह क्षेत्र का भाग्य बदल देगी और इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

वे तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि वाजपेयी जी के जीवन से अनेक शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि अटल जी के भाषण में जितनी शक्ति थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वाधीनता सेनानी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है महामना मदन मोहन मालवीय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया स्वर्गीय महामना ने वाराणसी में उन्नीस सौ सोलह में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी क्रिसमस का त्यौहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गिरजाघरों के साथ साथ अपने घरों को भी क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रौशनियों और फूलों से सजाया है गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना के साथ साथ जगह जगह संगीतोत्सव और नृत्य कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है लखनऊ नगर के हज़रतगंज कैथड़ल चर्च में आज सुबह पवित्र मिस्सा का पाठ किया गया वहीं लालबाग इग्लिश मेथोडिस्ट चर्च और एबीसी अलीगंज में विशेष प्रार्थना आयोजित की गयी आगरा हरदोई और बाराबंकी सहित विभिन्न शहरों में चर्चो में प्रभु यीशु की आराधना विशेष प्रार्थना और विविध कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार हैं